केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को इस वर्ष सितम्बर महीने से आयूष्मान भारत योजना का लाभ मिलने लगेगा सासाराम में संवाददाताओं से बाचतीत में श्री चौबे ने कहा कि इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि बिहार में पांच सौ चौंतीस हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किये जायेंगे इसमें से तैंतालीस कोन्द्र अगले महीने की पन्द्रह तारीख से काम करने लगेंगे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार सहित पांच अन्य राज्यों में गंगा नदी के किनारे चल रही कचरा प्रबंधन परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है श्री गडकरी ने इस संबंध में शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह प्री के साथ नई दिल्ली में बैठक की इसमें शहरी विकास मंत्रालय को गंगा किनारे की संतानवे परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने को कहा गया ये परियोजनाएं बिहार के अलावा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है बिहार में प्रतिदिन गंगा किनारे बसे शहरों से एक हजार सात सौ इकहत्तर टन ठोस कचरा निकलता है

इस दौरान श्री शाह जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है भाजपा अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी कई बैठकों में हिस्सा लेंगे श्री शाह पटना के ज्ञान भवन में पार्टी के शक्ति केन्द्र प्रभारियों और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लेंगे भाजपा और जदयू ने अपने अपने प्रवक्ताओं से एनडीए और आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बेवजह बयानबाजी नहीं करने को कहा है भाजपा नेता संजय टाईगर ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टी आलाकमान ही कोई अंतिम फैसला करेगा वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीटों के बंटवारे का मुद्दा दोनों दल के नेताओं के बीच आपसी सहमति से सुलझा लिया जायेगा इसलिए इस विषय पर पार्टी प्रवक्ताओं को बयान देने से बचने को कहा गया है राज्य सरकार ने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में बिहार ग्रामीण बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब राज्य में तीन की जगह दो उत्तर बिहार और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कार्यरत रहेंगे केन्द्र सरकार और नाबार्ड ने पहले ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी श्री मोदी ने कहा कि इस विलय से ग्रामीण इलाकों में ऋण वितरण का कार्य प्रभावी तरीके से हो सकेगा राज्य में उनतीस जिलों में कार्यरत चौदह सौ चौवन ग्रामीण बैंक शाखाएं यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के अधीन कार्य करेंगी वस्तु और सेवाकर लागू होने के बाद वाणिज्यकर विभाग ने पहली बार राज्य के डेढ़ दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पचास गोदामों पर एक साथ छापेमारी की है इसमें पटना में आठ मुजफ्फरपुर पूर्णिया और गया में छह छह भागलपुर और छपरा में तीन तीन मोतिहारी बेतिया फारबिसगंज किशनगंज सिवान गोपालगंज और बेगूसराय में दो दो तथा सासाराम मुंगेर जमुई और लखीसराय में एक एक गोदाम पर छापेमारी की गयी सूत्रों ने बताया कि इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा बिना रोड परमिट के कर योग्य माल का परिवहन अवैध तरीके से किये जाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गयी है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ड्बने से पांच बच्चों की मौत हो गयी दरभंगा जिले के मवी सहायक थाना क्षेत्र के सीसो गांव के पास बागमती नदी में स्नान करने के दौरान तीन बच्चे डूब गये सदर अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि दो बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है एक अन्य लापता बच्चे की तलाश जारी है वहीं अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र स्थित बकरा नदी के जहानपुर घाट पर नहाने के दौरान दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गयी द्रसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तालाब में ड्रबने एक बच्ची की मौत की खबर है इधर समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के बालू घाट पर बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने के दौरान ड्रबी दो बच्चियों का शव आज बरामद कर लिया गया भागलपुर जिले में तातारपुर थाना क्षेत्र के परवत्ती मुहल्ले में रसोई गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट की जांच इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पदाधिकारियों ने शुरू कर दी है गौरतलब है कि कल एक होटल में विवाह समारोह के दौरान सिलेंडर विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पन्द्रह अन्य घायल हो गये थे हादसे में होटल का करीब आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और आसपास के मकानों में दरार आ गयी थी नवादा जिला राजद के महासचिव कैलाश पासवान के अपहरण के बाद हत्या के मामले में एक स्वयंसेवी संस्थान के कर्मचारी छोटू गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है आरोप है कि छह जुलाई को मृतक आरोपी के साथ एक पंचायत के सिलसिले में नालंदा जा रही थे तभी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गयी थी पूरे प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तेज धूप की संभावना जतायी है कुछ जगहों पर बारह जुलाई को बारिश के आसार हैं विभाग के अनुसार मॉनसून अभी झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ही सक्रिय है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक भागलपुर जिले के कहलगांव में चार सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं सीतामढ़ी के सोनवर्षा मधेपुरा और अररिया में तीन तीन सेंटीमीर बारिश दर्ज की गयी नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण बागमती कमला बलान कोसी गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर सुपौल जिले के बसुआ में और बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं ब्रढी गंडक का जलस्तर खगड़िया रोसड़ा और समस्तीपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर आज गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में एक मीटर नीचे बना रहा पटना के महिला थाना प्रभारी विभा कुमारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की वहीं सारण जिले के जनता बाजार के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है दूसरी तरह रोहतास जिले के अकोढ़ीगोला के थाना अध्यक्ष को अवैध बालू खनन में लगे दो ट्रैक्टर को छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र के दभैत चौक के पास एक लावारिस खड़े ट्रक से पुलिस ने तीन सौ पचास कार्टन शराब बरामद की है बरामद शराब की कीमत करीब तीस लाख रुपये बतायी जाती है ट्रक के उप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है मुजफ्फरपुर जिले के ब्रहमपुरा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बस से तीस लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद की है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है वहीं शेखपुरा से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के मसौढ़ी से पुलिस ने एक निर्माण कंपनी से लेवी की मांग करने के आरोप में दो नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों ने मसौढ़ी में निर्माणाधीन बराज के संवेदक से पांच करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की थी दोनों नक्सली संगठन पीएलएफ आई के सदस्य हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के मानी स्थित एक पेट्रोल पम्प से चालीस की संख्या में आये अपराधियों ने दो लाख सत्तर हजार रुपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक पर अपराध्यिों ने एक व्यक्ति से एक लाख रूप्ये लूट लिए मुजफ्फरपुर में एक चिकित्सक के घर हुई भीषण डकैती के विरोध में आज जिले के चिकित्सकों ने आज अपने निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद रखे नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के नगरनौसा की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव के पास दो वाहनों के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए वहीं सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रेलवे ब्रिज पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गयी